मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश सक्षम है जयराम ठाकुर आज दिल्ली से कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे क्योंकि खराब मौसम के कारण वह अपने प्रस्तावित दौरे पर सुलह नहीं पहुंच सके उन्होंने कहा कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व ने पाकिस्तान के कुकृत्यों को उजागर किया है तथा आज विश्व समुदाय में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है मुख्यमंत्री इस मौके पर सुलह और बचवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा धीरा उपतहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की उन्होंने सुलह में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग का उपमंडल खोलने का भी ऐलान किया

मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज शिमला में आयोजित एक बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया ये बैठक प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति के दृष्टिगत कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण व नियंत्रण में है तथा प्रत्येक विभाग व संगठन द्वारा सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए गए हैं उन्होंने सभी संगठनों व एजेंसियों से उच्च सतर्कता बरतने और शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा

उन्होंने कहा कि शिमला कालका रेल की गति बढ़ाने के अलावा इसमें निशुल्क वाई फाई और बाबा भलकू संग्राहलय के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा भी दी गई है पियूष गोयल ने ये आश्वासन आज उनसे भेंट करने गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में रेल विस्तार के मुद्दे के अलावा मौजूदा रेल लाईनों को सुदृढ़ करने पर भी विस्तृत चर्चा की श्रद्वाजंलि इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और देश के शहीदों को श्रद्वाजंलि दी उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस स्मारक से देशवासियों में देश के प्रति लगाव देश भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना सुदृढ़ होगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण ही शहीदों के सम्मान में ऐसा शानदार स्मारक बन पाया है मुख्यमंत्री ने स्माराक के दौरे के दौरान सैनिकों के बारे में लिखी गई जानकारियों में गहन रूचि दिखाई राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवाओं का आहवान किया है कि वे शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें इससे उन्हें अपने जीवन में नई ऊंचाईयां हासिल करने में मदद मिलेगी राज्यपाल आज कांगड़ा के मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि किशोरावस्था भविष्य की नींव है और इस उम्र के बच्चों को अधिक जिम्मेवार होना चाहिए उन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षक विद्यार्थियों के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके मार्गदर्शन से जीवन में आगे बढ़ने में मद्द मिलती है राज्यपाल ने इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया और उनसे नशे के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने की अपील की महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है तथा इन दोनों ही क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है महेंद्र सिंह ठाक्र आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के ढलवान में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गई हैं जिनसे प्रदेश के हर वर्ग को फायदा हुआ है भाजपा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश को आज एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें कोई विकल्प नहीं है सुरेश भारद्वाज आज शिमला में भाजपा को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज भारत नए युग की ओर बढ़ रहा है और इसी के फलस्वरूप विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भी बनने जा रहा है शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वभर में जिस प्रकार भारत के रिश्ते सभी देशों के साथ मजबूत हुए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी के निरतंर प्रयासों का ही नतीजा है इस संगोष्ठी में शिक्षाविदों वकीलों व्यापारियों और कर्मचारियों इत्यादी ने हिस्सा लिया गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया कर रही है गोविंद ठाकुर आज राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी को देश के सैन्य बलों पर गर्व है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने और दुश्मनों को निस्तेनाबूत करने में पूरी तरह सक्षम है उन्होंने इस मौके पर मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के ही देवसदन में आज सौर मेले का भी शुभारम्भ किया उन्होंने इस मौके पर दो दर्जन उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा सयंत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बांटे अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने आज श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनओं को उद्घाटन और शिलान्यास किए

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इस मौके पर कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है

जानकारी के मुताबिक इन जवानों के खोज अभियान को और तेज किया गया तथा खोज अभियान में अतिरिक्त मशीने और लोगों को लगाया गया है

खोज अभियान में आधुनिक उपकरणों का भी सहारा लिया जा रहा है हालांकि खराब मौसम खोज अभियान में लगातार बाधा भी डाल रहा है वीरेंद्र कश्यप भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम अपना परिवार भाजपा परिवार के तहत आज शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन ज़िला के बसाल गांव में अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाया वीरेंद्र कश्यप ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने के लिए कहा ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर फिर से कमल खिलाया जा सके

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर करवाये गए सर्वेक्षण में कोई महिला उम्मीदवार जीत की प्रबल दावेदार हुई तो पार्टी उसे टिकट देगी उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं किसी भी पार्टी की रीढ़ हैं और महिलाओं में कांग्रेस को लेकर भारी उत्साह है

मौसम में ताजा बदलाव से प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है बीती रात और आज दोपहर बाद तक शिमला और आसपास के इलाकों किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू और चंबा के पांगी व भरमौर में जोरदार बर्फबारी हुई जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है

लाहौल स्पीति से हमारे प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के अनुसार ज़िले में फरवरी महीने में लगातार बर्फबारी व खराब मौसम लोगों के लिए मुसिबत का सबब बन गया है घाटी के लिए हैलिकॉप्टर उड़ाने न होने के कारण जहां लोग परेशान हैं वहीं बच्चों को भी स्कूल आने जाने में दिक्कतें हो रही है मौसम विभाग ने कल प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है इस बीच जनजातीय विकास विभाग कल भुंतर उदयपुर भुंतर भुंतर स्टींगरी भुंतर और भुंतर तिंदी तिंगरिट भुंतर के बीच हैलीकॉप्टर की तीन उड़ाने आयोजित करेगा मांग पांगी भाजपा मंडल अध्यक्ष ध्यान सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार से धरवास और साच हैलीपैड के लिए शीघ्र हैलीकॉपटर उड़ाने करवाने की मांग की है उन्होंने कहा कि उड़ाने न हो पाने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच पांगी सुरंग संघर्ष समिति द्वारा पांगी घाटी के लिए सुरंग बनाने को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को अब प्रजा मंडल फिंडरू और गुवाड़ी ने भी समर्थन का एलान किया है इन दोनों संस्थाओ ने कहा है कि यदि सुरंग निमार्ण पर प्रदेश और केंद्र सरकार ने शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया तो वह लोकभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे